नगर पंचायत नंदप्रयाग ने देशभर की एक लाख से कम आबादी वाली निकायों में से सिटिजन फीडबैक श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है छावनी क्षेत्र अल्मोड़ा सिटिजन फीडबैक श्रेणी में तीसरे स्थान पर रहा म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने ये प्रस्कार प्राप्त किये

उन्होंने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में अभी बहत सुधार की ग्ंजाइश है उन्होंने बताया कि राज्य के शहरों और निकायों की रैंकिंग में अच्छा सुधार हआ है शहरी विकास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नगरीय क्षेत्रों के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है नगर निकायों को और भी अधिकार सम्पन्न बनाने और उनकी आय के नए स्रोतों के विकास के लिए भी लगातार काम किया गया है

स्वच्छ गंगा शहर में नगर पालिका परिषद गौचर ने तीसरा जोशीमठ ने चौथा और गोपेश्वर ने आठवां स्थान हासिल किया है जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया और नंदप्रयाग नगर पंचायत अध्यक्ष डा हिमानी वैष्णव ने देहरादून में आयोजित स्वच्छता महोत्सव में प्रतिभाग किया स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान शहरी नागरिकों से फीडबैक के माध्यम से केन्द्रीय टीम ने शहरों में स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों का सर्वे किया था जिसके आधार पर शहरों और निकायों को विभिन्न कटैगरी में रैंकिंग दी गई जिला प्रशासन की रेग्यूलर मॉनिटरिंग से स्वच्छता को लेकर जिले की सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों ने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य किए है विकास योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया निकाय टीमों ने अपने नगर क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाकर घर घर से जैविक और अजैविक कूड़े को अलग करने तथा नगर को स्वच्छ एवं साफ रखने में भरसक मेहनत की है इसी का परिणाम है कि जिले की अधिकांश नगर निकायों को देश के स्वच्छता सर्वेक्षण में उच्च स्थान मिला है

सीमांत जिले चमोली में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है

इसके अलावा एक व्यक्ति गोपेश्वर तथा एक कर्णप्रयाग में पॉजिटिव मिला है

जिलाधिकारी आवास में तैयार किया गया सेब का बगीचा सेब उत्पादकों के लिए मिसाल बन गया है यहां ग्रेनीस्मिथ रेड बिलोक्स डेरकार्ली और रेडकान किस्म के सेब लगे हैं जिससे यह साबित हुआ है कि पौड़ी सेब उत्पादन के लिए बेहतरीन जगह है जिले में सेब के मार्डन फार्म कल्ण सिरोली वीणा मल्ली माण्डाखाल सीली मल्ली गढ़कोट और मरखोला में तैयार किये गये हैं नैनीडांडा विकासखण्ड के पटेलिया में उच्चकोटि की नर्सरी तैयार की गई है जो प्रदेश में सेब की अपनी तरह की पहली नर्सरी है इस नर्सरी के लिए हालैंड से दस हजार क्लोनल रूट स्टाक मंगाकर काम किया जा रहा है

मिशन एप्पल में काश्तकार भी रुचि दिखा रहे हैं संयुक्त पावता परीक्षा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों के लिए संय्क्त पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए राष्ट्रीय भर्ती संस्था के गठन को मंजूरी दे दी है मीडिया को जानकारी देते ह्ए कल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों य्वाओं के लिए वरदान साबित होगी ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि एनआरए अनेक परीक्षाओं के झंझट से म्क्ति दिलाएगी जिससे कीमती समय और संसाधनों की बचत होगी

शहीद हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे

आज देहराद्रन से उनके पार्थिव शरीर को लेकर सेना का वाहन खड़खड़ी श्मशान घाट पहंचा यहां प्लिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही स्थानीय लोगों ने शहीद को भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया शहीद के भाई अवतार सिंह नेगी ने कहा कि उन्हें भाई की शहादत पर गर्व है इससे पहले म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम जनप्रतिनिधियों ने देहरादून में शहीद के आवास में पहंचकर उन्हें श्रद्वांजलि दी म्ख्यमंत्री ने शहीद परिवारजनों को अन्मन्य सहायता राशि देने और उनकी पत्नी को शैक्षिक योग्यता के आधार पर राजकीय सेवा में नौकरी देने की घोषणा की उन्होंने कहा कि हवलदार राजेन्द्र सिंह के पार्थिव देह को ढ़ढ़ने के लिए जवानों ने काफी मेहनत की

प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की